मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने नेताओं को चुनाव प्रचार में अमर्यादित टिप्पणी न करने की दी सलाह वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा नए भारत की भूमिका तय करेंगे लोकसभा चुनाव

इस दौरान वे किसी भी जनसभा सार्वजनिक रैली रोड शो और साक्षात्कार जैसी गतिविधियों में भाग नहीं ले सकेंगे चुनाव आयोग ने ये कार्रवाई कांग्रेस पार्टी की ओर से दर्ज की गई शिकायत के आधार पर की है देवेश क्मार मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने चुनाव प्रक्रिया को मतदाताओं के अनुकूल बनाने पर बल दिया है मण्डी में आज अधिकारियों के साथ चुनाव प्रबंधों को लेकर बैठक में उन्होंने कहा कि विशेष रूप से दिव्यांग मतदाताओं की सुविधाओं का ध्यान रखा जाए

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव के दौरान लोगों से अपने साथ अधिक नकदी न ले जाने का भी आग्रह किया

स्वतंत्र निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने मण्डी में अधिकारियों के साथ बैठक कर मतदान केन्द्रों सहित ईवीएम और वीवी पैट मशीनों की सुरक्षा से जूड़ी जानकारी हासिल की उन्होंने अधिकारियों को पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी के लिए अतिरिक्त प्रयास करने को कहा देवेश कुमार ने विभिन्न गतिविधियों की निगरानी और वाहनों के नियमित निरीक्षण के भी निर्देश दिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता जागरूकता व पंजीकरण अभियान को लेकर मण्डी ज़िला प्रशासन के प्रयासों की सराहना भी की

उन्होंने आज शिमला में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने प्रदेश को हर संभव सहायता देने के साथ विकास कार्यो को नई गति दी है जयराम ठाक्र ने कहा कि केन्द्र सरकार के प्रयासों से आज शिक्षा स्वास्थ्य सड़क जलापूर्ति और पर्यटन क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास हुआ है

इस बीच मुख्यमंत्री ने शिमला में भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति के कार्यों की भी समीक्षा की पार्टी के राज्य चुनाव प्रभारी तीरथ सिंह रावत सहित अन्य नेता भी इस दौरान मौजूद रहे

ऐसे में चुनाव प्रचार लगातार जोर पकड़ता जा रहा है मण्डी से भाजपा उम्मीदवार राम स्वरूप शर्मा ने आज सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र जबकि शिमला से प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने सोलन जिले के चायल कण्डाघाट साध्यपुल और वाकनाघाट सहित आसपास के अन्य इलाकों में चुनाव प्रचार किया कांगड़ा से प्रत्याशी किशन कपूर डलहौजी और हमीरपुर से अनुराग ठाकुर चिंतपूर्णी व जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार में रहे

शिमला संसदीय सीट से प्रत्याशी धनीराम शांडिल ने आज रेणुका विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर जन संवाद कार्यक्रमों में भाग लिया

उन्होंने कहा कि यदि वे चुनाव जीतते हैं तो युवाओं को रोजगार देने के लिए नई योजनाएं लाई जाएंगी

उन्होंने क्षेत्र में सड़कों की खस्ता हालत के लिए भाजपा सरकार को ज़िम्मेदार ठहराया अनुराग ठाकुर लोकसभा चुनाव में हमीरपुर से भाजपा उम्मीदवार अनुराग ठाक्र ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश विश्व पटल पर आज एक नए भारत की परिभाषा गढ़ रहा है ऊना के चिंतपूर्णी में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की लोकप्रियता और विश्वसनीयता से विपक्षी खेमे में हताशा का माहौल है अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश आज मज़बूत हाथों में है और हर भारतवासी इस बात को महसूस कर रहा है कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि वे पार्टी को हर स्तर पर मजबूत करने के एजेंडे पर काम कर रहे हैं और इसमें वे सफल भी हो रहे हैं वे आज शिमला में हरीश जनारथा की पार्टी में वापसी पर हुए कार्यक्रम में बोल रहे थे राठौर ने कहा कि पार्टी में अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर न हो और सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने की सोच होनी चाहिए शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे माकपा मांग माकपा नेता व विधायक राकेश सिंघा ने हाल ही में ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान पर राज्य सरकार से प्रभावितों को उदार सहायता के लिए सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आग्रह किया है मुख्य सचिव बीके अग्रवाल को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा कि प्रदेश के अनेक भागों में हुई ओलावृष्टि से फल व सब्ज़ी उत्पादकों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई कि शिमला ज़िले के ऊपरी इलाकों में हुए नुकसान का भी अभी तक जायज़ा नहीं लिया गया है साइकिल रैली हीरो एमटीबी साइकिल रैली आज शिमला के रिज मैदान से शुरू हुई पर्यटन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राम सुभग सिंह और निदेशक अमित कश्यप ने रैली को हरी झण्डी दिखाई

इस दौरान पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ लोकतंत्र की मज़बूती के लिए लोगों को मतदान के प्रति भी जागरूक किया जाएगा नियुक्ति अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश के चारों संसदीय चुनाव क्षेत्रों में प्रेक्षक नियुक्त किए हैं उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिश्ट को कांगड़ा दिल्ली के राजीव गंभीर को मंडी चंडीगढ़ के पूर्व उप महापौर एचएस लक्की को हमीरपुर जबकि चक्रवर्ती शर्मा को शिमला संसदीय क्षेत्र का प्रेक्षक बनाया गया है पार्टी के एक प्रवक्ता के अनुसार इन सभी को संबंधित क्षेत्रों में पार्टी नेताओं से तालमेल बनाकर चुनाव संबंधी गतिविधियों का कामकाज देखने को कहा गया है हनुमान जयंती हनुमान जयंती आज देश सहित प्रदेश में भी धार्मिक श्रद्वा व उल्लास के साथ मनाई गई इस अवसर पर हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा और लोगों ने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की शिमला के जाखू मंदिर में सुबह से ही भजन कीर्तन का दौर जारी है और माहौल भक्तिमय बना हुआ है विभिन्न स्थानों पर विशेष भंडारों का भी आयोजन किया गया गुड फ्राईडे गुड फ्राईडे के मौके पर राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अन्य भागों में गिरिजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गईं

शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान स्थित क्राईस्ट चर्च में हुई विशेष प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में विशेषकर ईसाई समुदाय के लोगों ने भाग लिया इस्तीफा किन्नौर ज़िला भाजपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजकुमार सोनी और निचार मण्डल किसान मोर्चा के अध्यक्ष सीताराम नेगी ने अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है उन्होंने अपने त्यागपत्र जिला भाजपा अध्यक्ष विनय नेगी को सौंपे हैं मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में दोपहर बाद से हल्के बादल छाए हुए हैं पिछले तीन दिनों के दौरान हुई वर्षा व ओलावृष्टि के बाद तापमान में भी कमी दर्ज की जा रही है